कोविड मरीजों की संख्या फिर से बढ़ रही है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

उन्होंने कहा कि केन्द्र सरकार स्थिति पर लगातार नजर रखे हुए है और राज्यों तथा केन्द्र शासित प्रदेशों को कोविड टीकों की सप्लाई बढ़ा रही है

स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि भारत में टीका लगाने की दर काफी तेज है

दस राज्यों महाराष्ट्र छत्तीसगढ उत्तरप्रदेश दिल्ली कर्नाटक केरल मध्यप्रदेश तमिलनाडु गुजरात और राज्स्थान में कोविड के नये मामले प्रतिदिन बढ रहे हैं

इस बीच मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आज कोविड टीकाकरण तथा कोविड की स्थिति को लेकर उच्च अधिकारियों तथा जिला कलेक्टरों के साथ बैठक की

नियमों को उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्यवाही की जा रही है

न्यायिक कर्मचारियों और कुछ पक्षकारों ने भी मौके पर पहुंचकर पंजीकरण करवाया और टीका लगावाया

इस बीच सवाईमाधोपुर में जिला कलेक्टर ने लोगों से कोविड वैक्सीन लगवाकर अपने आपको सुरक्षित करने की अपील की है उन्होंने विभिन्न सामाजिक धार्मिक और व्यापारिक संगठनों के पदाधिकारियों से बात कर टीके लगवाने का आग्रह किया प्रदेश की जनता को टीके लगवाने के लिए प्रेरित करने के उद्देश्य से विभिन्न हस्तियां भी आगे आकर इस बारे में अपील कर रही है

जो लोग कोविड टीका लगवा चूके हैं वे भी अपना संदेश भेज सकते हैं

चयनित संदेशों को आगामी ब्रलेटिनों में शामिल किया जाएगा

उन्होंने कहा कि जो लोग यात्रा करना चाहते हैं उनके लिए रेलगाडियों की कमी नहीं है उत्तर पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी गौरव गौड़ ने कहा है कि रेलवे लगातार गाड़ियों की संख्या में बढ़ोत्तरी कर रहा है

चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा सहाडा में उच्च शिक्षा राज्य मंत्री भंवर सिंह भाटी सुजानगढ में डेरा डाले हैं दूसरी ओर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने आज राजसमंद में पार्टी की प्रत्याशी दीप्ति माहेश्वरी के समर्थन में जनसंपर्क किया सहाड़ा सीट पर भाजपा के प्रचार की कमान सांसद सी पी जोशी ने संभाल रखी है सांसद हनुमान बेनीवाल ने आज सड़ाडा में आरएलपी प्रत्याशी के समर्थन में कई स्थानों पर जनसभाएं कीं

सांसद किरोड़ी लाल मीणा और रामचरण बोहरा भाजपा के पूर्व अध्यक्ष अरूण चतुर्वेद सहित कई नेता दिनभर धरना स्थल पर बैठे रहे कुछ अन्य संगठनों ने भी धरने का समर्थन किया आकाशवाणी से बातचीत में सांसद डॉ मीणा ने कहा कि सरकार बातचीत को लेकर गंभीर नहीं है और मांगे पूरी नहीं होने तक धरना जारी रहेगा

इस बीच दौसा के जिला कलेक्टर ने बताया है कि महआ में पूलिस ने लाठीचार्ज और आंसू गैस छोड़ने का कार्य नहीं किया

उधर सवाईमाधोपुर जिले के गंगापुरसिटी के पास बाढकला गांव में बालाजी मंदिर के पूजारी को कल रात अज्ञात व्यक्ति ने गोली मार दी पुजारी का इलाज जयपुर के सवाईमान सिंह अस्पताल में चल रहा है